नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से सबसे अधिक अद्वानबे मामले सामने आए है जबकि पाप्मपारे जिले से तैतीस लोअर स्बनसिरी से तेरह ईस्ट सियांग और चांगलांग से बारह बारह वेस्ट सियांग से ग्यारह लोअर दिबांग वैली से नौ ईस्ट कमेंग से आठ तिरप जिले से छह तवांग और अंजाव जिलों से पांच पांच अपर सियांग और लोंगडिंग से तीन तीन लेपारादा से दो और अपर स्बनसिरी से एक मामला सामने आया दो सौ इक्कीस नए मामलों में से छियालीस को छोड़कर बाकी सभी मरीज एसिम्टोमेटिक है ईटानगर राजधानी क्षेत्र से मिले अद्वानबे मामलों में से तीस की प्रष्टि पेड क्वारंटिन टेस्टिंग सेंटर से जबकि ट्रिम्स नाहरलग्न से चौबीस हीमा अस्पताल से तेईस निबा अस्पताल से आठ सी सी सी एस ओ ए से सातज्ली स्थित सेंट्रल जेल से चार और लेखी स्थित राज्य क्वारंटिन स्विधा केंद्र से दो मामलों की प्ष्टि की रिपोर्ट है

राजीव गांधी विश्वविद्यालय प्रशासन ने ब्धवार को एक अधिसुचना जारी कर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बाईस सितंबर तक विश्वविद्यालय परिसर को बंद रखने की घोषणा की है अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि चल रहे सभी ऑनलाईन परीक्षा सत्ताईस सितंबर तक रद्द कर दी गई है और परीक्षा की प्रक्रिया अद्वाईस सितंबर से फिर से श्रु की जाएगी

राज्य में स्वस्थ होने वालों का दर इकहत्तर दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो गई है

भारतीय जनता पार्टी इस अवसर सेवा सप्ताह का आयोजन कर रही है

राज्यपाल डॉबीमिश्रा और म्ख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की श्भकामनाएं दी इधर ईटानगर में सेवा सप्ताह के अवसर पर भारतीय जनता य्वा मोर्चा की प्रदेश इकाई की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया मोर्चे के अध्यक्ष राम ताजो महासचिव दोलोम तोको और राज्य भाजपा के सचिव तादर निगलर के नेतृत्व में नाहरलग्न स्थित ट्रिम्स में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने रक्तदान किया राज्य भाजपा के संगठन सचिव अनंत नारायाण मिश्रा ने भी रक्तदान शिविर में भाग लिया

सांगे लाहडेन स्पोट्स अकादमी को चार साल में ग्यारह करोड़ के क्ल बजट के साथ आपग्रेड किया जाएगा अकादमी को ब्नियाद ढांचे के उन्नयन खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना और ग्णवत्ता कोच एवं खेल वि ज्ञान मानव संसाधन जैसे फिजियोथैरेपिस्ट शक्ति और कंडीशनिंग विशेषज्ञ के रुप में नरम घटक के रुप में समर्थन दिया जाएगा

दौरे के दौरान मंत्री ने जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग दवारा स्थिति से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा की

जागरुकता कार्यक्रम के दौरान पोषण माह गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और सभी प्रतिभागियों को प्रत्येक आंगणबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका पर जोर दिया गया कार्यक्रम में कपोषित और स्वस्थ बच्चों के बीच गंभीर क्पोषण एवं मध्यम तीव्र क्पोषण का पता लगाने के लिए श्र्न्य से पांच वर्ष के बच्चों का वजन और ऊचाई भी नापा गया